झारखंड विधानसभा में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही रही बाधित

वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले चार वर्षो में अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक वृद्धि दर पांच दशमलव सात प्रतिशत रही जबकि वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में औसत वार्षिक वृद्धि देर के सात दशमलव दो प्रतिशत रहने का अनुमान है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे कार्यदिवस में भी आज प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही सभा की कार्यवाही शुरू होते ही बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर भाजपा विधायक आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से शांति बनाये रखने की अपील की लेकिन शोर शराबा थमते नहीं देख विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही दोपहर बाद साढ़े बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली निर्भया कांड के चार दोषियों में शामिल पवन गुप्ता की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी है पवन ने फांसी को उम्रकैद में बदलने की गुहार लगाई थी इसे पर जस्टिंस एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने याचिका खारिज की इस मामले में तीन अन्य दोषियों की सुधारात्मक याचिका और दाया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है पटियाला हाउस कोर्ट ने तीसरा डेथ वॉरंट जारी करते हुए चारों को फांसी दिए जाने की तारीख तीन मार्च तय की थी

इसे सात से अधिक जजों वाली बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा सरकार ने इस वर्ष फरवरी में एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये वस्तु और सेवा कर संग्रह किया है यह पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक है कुल राजस्व में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर लगभग बीस हजार करोड़ रुपये है राज्य वस्त और सेवा कर लगभग सत्ताईस हजार करोड़ रुपये है और एकीकृत वस्तु और सेवाकर लगभग अड़तालीस हजार करोड़ रुपये है

श्री जयशंकर ने कहा कि अमरीका और पश्चिमी देशों के लिए भारत का संदेश यही रहा है कि पिछले अठारह साल में इस दिशा में हुई प्रगति को बनाये रखना पूरे विश्व के हित में है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सरकार ईरान में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार वापसी की जांच प्रक्रिया शुरू करने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने भारतीय राजदूत को निर्देश दिया है कि वह इस बारे में हो रही प्रगति से सभी संबंधित पक्षों को अवगत कराते रहें झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा है कि सच्ची पत्रकारिता ही देश और समाज को दिशा देती है जमशेदपुर में एक पत्रिका के स्थापना दिवस समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे इस अवसर पर शिक्षा कला चिकित्सा प्रलिस विभाग पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय और प्रशंसनीय कार्य करने वाले लगभग चालीस लोगों को सम्मानित किया गया रांची में कानून की छात्रा से सामूहिक द्रष्कर्म मामले में ग्यारह दोषियों के खिलाफ आज सजा के बिंदओं पर सुनवाई होगी छब्बीस फरवरी को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था अदालत ने स्पीडी द्रायल कर नब्बे दिनों के अंदर इस मामले में फैसला सुनाया था प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कमार की अदालत ने आरोपियों को अपहरण सामूहिक दुष्कर्म और आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषो ठहराया है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है अंतराष्ट्रीय महिला दिवस तथा महिलाओं का स्वास्थ्थ और पोषण यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

जमशेदपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामाजिक सद्भाव शाखा की ओर से सभी समुदाय एवं जाति बिरादरी के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया

रांची टाटा एनएच तैंतीस पर आज तड़के सड़क द्र्घटना में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई दूर्घटनाग्रस्त ट्रक के स्टेयरिंग में फंसे हुए ड्राइवर को क्रेन के सहारे निकाला गया लेकिन निकालने से पूर्व ही ड्राइवर की मौत हो चुकी थी

न्यूजीलैंड ने क्राइस्ट चर्च में भारत को दूसरे और अंतिम क्रिकेट टैस्ट मैच में सात विकेट से हराकर श्रृंखला दो शून्य से जीत ली है न्यूजीलैंड ने एक सौ बतीस रन का लक्ष्य तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया ओड़िसा के भ्वनेश्वर में कल खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल भव्य समापन समारोह के साथ सम्पन्न हो गए इस अवसर पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विश्वविद्यालय खेलों का पहला आयोजन बेहद सफल रहा पंजाब विश्वविद्यालय ने सत्रह स्वर्ण सहित छियालीस पदक जीतकर चौम्पियन्स ट्रॉफी अपने नाम की सावित्री बाई फूले विश्वविद्यालय दूसरे और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला तीसरे स्थान पर रहा इन खेलों में कुल एक सौं तेरह विश्वविद्यालयों ने भाग लिया